आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक आधार और अन्य कानून संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला किया गया इस विधेयक में आधार के दुरूपयोग पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तब तक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक खाता खूलवाने में आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है वहीं मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक तलाक मुद्दे पर पहले से जारी अध्यादेश का स्थान लेगा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

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में निवेश प्रोत्साहन संबंधी कैबिनेट कमेटी में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा उन्हें बेहतर एवं आध्रनिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश नीति को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे जहां रोजगार के अधिक अवसर हैं और जहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है उन्होंने कहा कि टेक्सटाईल फार्मास्युटिकल आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस क्षेत्र में निवेश और रोजगार की ज्यादा संभावनाए हैं इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा श्री नाथ ने निवेश संबंधी प्रस्तावों पर माह में एक बार कैबिनेट कमेटी में समीक्षा के निर्देश दिए है इसमें नीतिगत या व्यवस्थागत समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का निर्णय लिया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल पचमढ़ी में संजय गांधी यूवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान भारत स्काउट एण्ड गाइड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर सर्किट हाऊस मप्र पर्यटन विकास निगम के होटलों और निर्माणाधीन कायाँ का निरीक्षण किया राज्यपाल ने संस्थानों की स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया

श्रीमती पटेल ने एडवेंचर गतिविधियों को भी देखा और पर्यटकों से पचमढ़ी को स्वच्छ रखने की अपील की

पन्ना टाइगर रिजर्व सूत्रों के अनुसार यहां पर बाघों की मौजूदगी को देखते हुये पार्क प्रबन्धन ने पर्यटकों के भ्रमण पर रोक लगा दी है

यातायात नियम राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सचिव और विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने भोपाल और इंदौर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है श्री शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कल यह जानकारी देते हुए बताया कि नक्शा और प्राक्कलन को ऑनलाइन किए जाने से सरपंचों को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए प्रदेश में सिक्यूर साफ्टवेयर लागू किया गया है इसमें किसान भाइयों के खेतों में जल सरंक्षण के लिए बनाए जाने वाले खेत तालाब की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है वायु तुफान रेल अरब सागर में उठे वायु तूफान के कारण पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर जाने वाली कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है रतलाम रेल मंडल के अनुसार तूफान को देखते हुए गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस को कल राजकोट स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा यह ट्रेन राजकोट से ओखा के मध्य निरस्त रहेगी

यह गाड़ी राजकोट सोमनाथ के मध्य निरस्त रहेगी

शहीद जम्मूकश्मीर के अनंतनाग में कल हुई आतंकी हमले में देवास जिले के रहने वाले जवान संदीप यादव शहीद हो गये श्री यादव का परिवार कलाला गॉव में रहता है

इस आतंकी हमले में कुल पांच जवान शहीद हुए जबकि चार अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद संदीप यादव के परिवार के प्रति शोक संवदेनाएं व्यक्त की है उन्होंने शहीद परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के साथ ही अन्य मदद दिये जाने का आश्वासन दिया है मौसम गर्मी प्रचंड गर्मी के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल प्री मानसून की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है आगामी एक दो दिन में अन्य हिस्सों में भी मानसून पूर्व बारिश के आसार बन रहे हैं इससे गर्मी में कुछ हद राहत मिल सकती है

आज नॉटिंघम में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे से खेला जायेगा

उन्होंने बंजारा झील के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये

जिससे इस ट्रेन को नरखेड़ स्टेशन पर रोका गया इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ